मुख्यमंत्री कमलनाथ इस बैठक में कर्जमाफी योजना को लेकर मंत्रियों से फीडबैक लेंगे इस योजना की औपचारिक शुरुआत पन्द्रह जनवरी से हुई है बताया गया है कि बैठक में कृषि विभाग के अधिकारी इस योजना को लेकर प्रस्तुतिकरण भी देंगे एक अधिकारिक जानकारी में बताया गया है कि इस ऋण माफी योजना के तहत दो दिन में ही सवा लाख से ज्यादा किसानो ने अपने आवेदन भरे हैं आवेदन भरने का काम पांच फरवरी तक चलेगा

समिति ने बाल कल्याण पुरस्कार के लिए दो व्यक्तियों और तीन संस्थाओं के नामों का भी चयन किया है

बताया गया है कि लोकसभा चनाव के बाद आयोजित किये जाने वाले मानसुन सत्र में सरकार पूर्ण बजट लायेगी

ये ट्रेन सप्ताह में चार दिन चलेगी रेल मंत्री पीयूष गोयल ने केंद्रीय महिला बाल विकास राज्य मंत्री डाक्टर वीरेन्द्र कुमार को पत्र लिखकर ये जानकारी दी है श्री कुमार ने इसके लिए रेलमंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा है कि इस रेल सेवा के शुरू होने से जहां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटनस्थल खजुराहो मे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा वहीं बुन्देलखण्ड और मालवा क्षेत्र के लोगों के लिए रेल यातायात और सुगम होगा

इस सम्मेलन में देश भर से चने हए दस हजार प्रतिनिधि शामिल होंगे सम्मेलन में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मोर्चे की रणनीति और केन्द्र सरकार के विकासकार्यों तथा योजनाओं को जनता के बीच ले जाने के लिए व्यापक अभियान की योजना भी तैयार की जायेगी कांग्रेस बैठक लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर आज शाम भोपाल में कांग्रेस के प्रमुख नेताओं की बैठक होगी इस बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया और मुख्यमंत्री कमलनाथ हिस्सा लेंगे इस बैठक में पार्टी के क्छ प्रमुख प्रदेश पदाधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया है इस दौरान पार्टी नेता विधानसभा चुनाव नतीजों के आधार पर लोकसभा चुनाव चुनाव की रणनीति बनायेंगे धान खरीदी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रदयुम्न सिंह तोमर ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिये तय कोन्द्रों की व्यवस्थाएँ चुस्त दुरुस्त बनाने के निर्देश दिये हैं

कई जिलों में धान खरीदी की तारीख बढायी गयी है संभागायुक्त भोपाल संभाग की पहली महिला संभाग आयुक्त कल्पना श्रीवास्तव ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वे इस बड़ी जिम्मेदारी मिलने से गौरान्वित महसूस कर रही हैं शासन की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता होगी उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि भोपाल के बड़े तालाब के संरक्षित क्षेत्र और शासकीय जमीनों पर अतिक्रमण हटाने के लिए जल्द ही कलेक्टरों के साथ बैठक कर योजना बनाई जायेगी लंबित परियोजनाओं को समयसीमा में पूरा करने के लिए भी कदम उठाये जायेगें कार्यशाला आकाशवाणी भोपाल के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा आज से मोबाइल पत्रकारिता पर दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है इस कार्यशाला में काठमाण्डू में पदस्थ प्रसार भारती के विशेष संवाददाता राजकुमार द्वारा आकाशवाणी और दूरदर्शन के संवाददाताओं को मोबाइल जर्नलिज्म से जुड़ी बारीकियों से अवगत कराया जा रहा है कार्यशाला में दिल्ली दूरदर्शन के निदेशक कृपाशंकर यादव भी शामिल हुए श्री यादव ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मोबाइल ने पत्रकारिता को आसान कर दिया है बदलते वक्त के साथ आकाशवाणी और दूरदर्शन के संवाददाता भी मोबाइल के जरिये द्वत गति से समाचार भेज सकते हैं